राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा व हित में कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय भी तलाशे जानें चाहिए उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी

शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने समारोह के इंडोर व वर्चुअल आयोजन के लिए गेयटी थियेटर या टाउन हॉल में वैकल्पिक प्रबंध करने के निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल होने का आग्रह किया है

एमओयू हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम व पर्यटन विभाग ने राज्य में होटल प्रबंधन टूरिस्ट गाईड पैराग्लाईडिंग और साहसिक खेलों के क्षेत्र में युवाओं के रोजगार व कौशल प्रशिक्षण के लिए आज शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए कौशल विकास निगम की ओर से प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर और पर्यटन विभाग के निदेशक युनूस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि दो से तीन सप्ताह की होगी सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पंचायतीराज चुनावों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गांव पर ध्यान केंद्रित कर काम करेगी वे आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में शिमला ज़िला भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेगी और चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि भाजपा बूथ स्तर पर कार्य करेगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों से प्रदेश में होने वाले नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस विचाराधारा से जुड़े लोगों को आगे लाने का आहवान किया है वे आज हमीरपुर ज़िला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे राठौर ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आपसी तालमेल के साथ पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करने का आग्रह किया स्नो फेस्टिवल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर लाहौल घाटी में स्नो फेस्टिवल मनाया जाएगा उपायुक्त पंकज राय ने आज केलंग में इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अटल टनल रोहतांग के खुलने से घाटी में पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ गई हैं उन्होंने कहा कि घाटी में बर्फ से जुड़े साहसिक खेलो और लुप्त हो रहे पारम्परिक खेलो व संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से स्नो फेस्टिवल मनाया जा रहा है